प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नागरिकों की सुरक्षा के सभी उपायों पर अमल करने का किया आग्रह कोन्द्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर की कीमतें निर्धारित कोरोना को लेकर झारखंड में कार्यरत सभी डॉक्टरों नर्सों और पारा मेडिकल कर्मियों की छुटिटयां चौदह अप्रैल तक रदद

रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी रविवार सुबह चार बजे से नहीं चलेंगी सभी उपनगरीय रेलगाड़ियां की संख्या सीमित कर दी जाएगी कल सुबह सात बजे पहले से ही चल रही रेलगाड़ियों को उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी आदेश में सभी मण्डलों से कहा गया है कि खाली रेलगाड़ियों को कम दूरी पर समाप्त कर दी जाएं इधर रांची से राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस सहित तीस ट्रेनें भी आज रात बारह बजे के बाद नहीं खुलेंगी वहीं आईआरसीटीसी ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में कल से पेट्री की सुविधा बंद करने का फैसला लिया है यह सुविधा सिर्फ राजधानी और द्रंतो ट्रेन में जारी रहेगी उधर कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने को लेकर हटिया सांकी पैसेंजर इकतीस मार्च तक के लिए रदद कर दी गई है जबकि रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस बाइस छब्बीस और उनतीस मार्च को रद्द रहेगी इधर रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से आज विभिन्न कंपनियों की दिल्ली की उड़ाने रद्द कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप से निपटने के लिये केन्द्र और सभी राज्यों से एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया है वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की चुनौती सभी राज्यों के लिए एक जैसी है उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी उपायों पर अमल किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिहाज से अगले तीन चार सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि भीड़ से दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए कल जनता कर्फ्यू लागू करने की पहल को सभी वर्गों से मिल रहे समर्थन का स्वागत किया है

राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र मे ंसार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस का प्रकोप सीमित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई ऐहतियाती कदम उठाए हैं सरकार ने पचास साल से अधिक उम्र के ऐसे अधिकारियों को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए चार अप्रैल तक की छुट्टी देने का निर्णय किया है जो मध्मेह श्वास की समस्या और अन्य खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हैं कोरोना से बचाव को लेकर रांची के उपायक्त और जिला आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्षता में कल कंट्रोल टीम गठित की गई है यह टीम निरीक्षण और योजना तैयार करेगी कंट्रोल टीम के अलावा सिंगल विंडो हेल्पलाइन जनजागरूकता तथा मीडिया सर्विलांस हेल्थ केयर सर्विलांस सहित अन्य टीमों का गठन किया गया है मुख्य कंट्रोल टीम में उपायक्त राय महिमापत रे के अलावा रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई अधिकारी शामिल हैं कोरोना वायरस को लेकर पूरे चतरा जिला में सतर्कता बढ़ा दी गई है मॉल स्कूल कॉलेज आदि को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया

भारतीय रिजर्व बैंक कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अगले सप्ताह खुले बाजार के जरिए तीस हजार करोड रुपये का नकदी प्रवाह बढायेगा रिजर्व बैंक ने कहा कि दो किस्तों में चौबीस मार्च और तीस मार्च को पंद्रह पंद्रह हजार करोड़ रुपये लगाए जाएंगे

केंद्र सरकार प्रत्येक आवश्यक वस्तु के मूल्य पर बारीकी से नजर रख रही है केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हए सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर की कीमतें निर्धारित कर दी है उन्होंने बताया कि आवश्यक वेस्तु अधिनियम के तहत फेस मास्क के कपड़े पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा उन्होंने बताया कि दो लेयर वाले मास्क की कीमत आठ रुपये और तीन लेयर वाले की कीमत दस रुपये होगी दो सौ मिलीलीटर के हैंड सैनिटाइजर का मूल्य एक सौ रुपये होगा उपभोक्ता कार्य मंत्री ने कहा कि ये कीमतें इस वर्ष तीस जून तक लागू रहेंगी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष डॉक्टर रविरंजन ने राज्यभर के सिविल कोर्ट प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीषों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत के मामलों की सुनवाई करने का निर्देष दिया है कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड में कार्यरत सभी डॉक्टरों नर्सों और पारा मेडिकल कर्मियों की छटिटयां चौदह अप्रैल तक रदद कर दी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कल रांची में इससे संबंधित आदेष जारी किया है इधर झारखंड अधिविद परिषद जैक ने भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपियों का मुल्यांकन इकतीस मार्च तक स्थगित कर दिया है जैक महासचिव महिप कुमार सिंह ने कल सभी क्षेत्रीय षिक्षा उपनिदेषकों और जिला षिक्षा पदाधिकारियों को मुल्यांकन कार्य स्थगित करने का निर्देष दिया है

उन्होंने कहा कि जमाखोरी रोकने के लिए आवष्यक कदम उठाए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत वसूल रहा हो तो इसकी सूचना भी टॉल फ्री नंबर पर दी जा सकती है

जिनमें से चालीस रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि पांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है